इस संग्राम से जुड़ा डाक टिकट भी किया जारी

आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राज्यभर में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम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

चौरी चौरा घटना के आज सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह समारोह एक साल तक चलेगा श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शताब्दी के संदर्भ में एक डाक टिकट भी जारी किया प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में चौरा चोरी की पवित्र धरती पर बलिदान देने वालों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया

इस नीति के तहत पूर्व में की गयी सारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर अब नये सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जायेगी वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए विधायकों की अनुशंसा से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में प्रति पंचायत पांच चापाकल लगाने का भी निर्णय लिया गया

सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मदद पहुंचाने वाले व्यक्तियों को दो हजार रुपये का पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया

तीनों विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के नोटिस का जवाब र्दने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी इस पर स्पीकर ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह स्वतः संज्ञान मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसके बाद झामुमो विधायक भूषण तिर्की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पूर्व विधायक राजकुमार यादव और प्रदीप यादव की ओर से स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल से संबंधित शिकायत की गई थी वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से भी स्पीकर के न्यायाधिकरण में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दलबदल का मामला चलाने को लेकर याचिका दायर की गई है देश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से मरने वालों की दर केवल एक दशमलव चार चार प्रतिशत है कल एक सौ सात रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई

शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है जवाहर नवोदय विद्यालयों को सेनेटाइज करने कक्षा प्रबंधन और छात्रावास में विद्यार्थियों को सुरक्षित दूरी के साथ रहने तथा आपात स्थिति से निपटने में कोविड प्रबंधन मानकों जैसे सभी एहतियाती उपाय पहले ही कर लिये गए हैं शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय अभिभावकों की सहमति के आधार पर विद्यार्थियों की कक्षाओं में व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अन्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी सामान्य कक्षाएं चरणबद्व रूप से आयोजित करने के लिए राज्य प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा निर्देशों में कहा गया है कि आवासीय विद्यालय होने के कारण मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने बार बार हाथ धोने और स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देनेवाली याचिका पर कल सुनवाई हुई बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बहस पूरी करने का आदेश दिया था ताकि अंतिम सुनवाई की जा सके अंदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि फैसला आने तक छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी जाये इधर सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी से जुड़े सांसद निशिकांत दुबे के मामले में कल सिविल कोर्ट में सुनवाई हई

इस दौरान उन्होंने राजधानी रांची में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे में बदलाव की शिकायत की श्री प्रकाश ने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है

केंद्र सरकार ने लोककल्याण की दृष्टि से स्मार्ट सिटी के भीतर कौशल विकास केंद्र और कन्वेंशन सेंटर निर्माण की स्वीकृ ति दी है इसमें राज्य सरकार बदलाव कर रही है जो नियमों का घोर उल्लंघन है उन्होंने केंद्रीय आवास मंत्री से झारखंड सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी में किये जा रहे नियम विरुद्ध बदलाव पर रोक लगाने की मांग की इस दौरान रांची की मेयर आशा लकड़ा भी शामिल थीं